दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित केन्द्र सरकार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आगामी त्योहारो व अन्य समारोहों के दौरान लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध का दिया सुझाव प्रदेश में बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले लोगों से कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करने की की गयी अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी अट्ठाईस मार्च रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से संसद का बजट सत्र कल दोनों सदनों के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने के साथ ही समय से पहले समाप्त हो गया बजट सत्र का दूसरा चरण आठ मार्च को शुरू हुआ था और इसे आठ अप्रैल को समाप्त होना था पहला चरण उन्तीस जनवरी को शुरू होकर तेरह फरवरी को समाप्त हुआ था संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि विभिन्न राज्यों में चुनाव और सदस्यों की मांग के कारण बजट सत्र का समय से पहले समापन किया गया है संसद परिसर में श्री जोशी ने कल बताया कि मौजूदा बजट सत्र में दोनों सदनों ने क्ल अट्ठारह विघेयक पारित किए केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मददेनजर आगामी त्योहारों होली शब ए बारात बीह इस्टर और ईद उल फितर के समारोहो के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है स्वास्थ मंत्रालय में अपर सचिव आर पी आहजा ने इस सम्बंध में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं के कड़ाई से पालन में इस समय कोई कोताही अब तक की उपलब्धि पर पानी फेर सकती है

उधर देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को जांच निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केवल कोविशील्ड टीके की दो खुराको के समयांतराल में बदलाव किया गया है और कोवैक्सीन टीके के लिए यह अवधि नहीं बढ़ाई गई है नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच अंतराल चार से आठ सप्ताह कर दिया गया है स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा कि कोवैक्सीन टीके के मामले में दो खुराकों के बीच अंतराल चार से छह सप्ताह का ही रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनटे की बैठक में लखनऊ नोएडा वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नर सिस्टम लागू करने का र्फेसला लिया गया प्रदेश के बड़े शहरो में अपराध और अपराधियों को नियंत्रण करने के लिए इस सिस्टम का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग में संभावित बढ़ोत्तरी को देखते हए बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था और मरम्मत समय से सुनिश्चित कर ली जाये जिससे लोगों को कोई परेशानी न हो मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की ओवर बिलिंग सहित अन्य समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किये जायें प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगामी त्योहारो के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करने के साथ ही किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी दिशा निर्देशों में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में दस साल से कम उम्र के बच्चों और साठ साल से अधिक उम्र के बुजुर्गो को शामिल करने पर रोक लगा दी गयी है दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों से घर पर ही रहकर त्योहार मनाने की अपील की गयी है लोगों से कहा गया है कि ये कोविड सम्बंधी सभी सावधानियों का पालन करें ताकि देश में कोरोना के संक्रमण के नियंत्रित किया जा सके राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कल अहमदाबाद स्थित अपने आवास पर कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन लगवाई उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की स्वदेशाी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है देश और प्रदेश के सभी लोगों को अपील बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का पचहत्तरवां संस्करण होगा श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जी ओ वी ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्यौहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग को पूरी सक्रियता से बाजारों में बिक रही खाद्य सामग्री की गृणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए हैं मृष्यमंत्री ने कहा कि बाजारों में बेचे जा रहे सरसों के तेल की भी गृणवत्ता की जांच की जाए श्री योगी ने समी जनपदों में तहसील दिवस और थाना दिवस को और प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जनपदों में जिलाधिकारी जनता की समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा करें मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राहत आयुक्त कार्यालय और जनपद स्तर पर राजस्व प्रशासन को सक्रिय रहने के निर्देश दिए श्री योगी ने एक अप्रैल से गेहूं खरीद के लिए सभी व्यवस्थाए समय से पूरी करने के भी निर्देश दिए प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र क्मार तिवारी कल गोरखपुर के विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से लम्बित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा है उन्होंने दस करोड़ रूपये से अधिक लागत के निर्माण कार्या और कई नई परियोजनाओं के लिए धनराशि अवमुक्त कराने तथा आवश्यक मानव संसाधान आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं से भी आवंटित धनराशि उपभोग प्रमाण पत्र समय से उपलब्ध कराने को कहा है ताकि अवशेष धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करा जा सके कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन ने दूसरे राज्यों से जनपद में आने वाले लोगों की कोविड जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कोविड पर रोकथाम के लिए हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने मुख्य विकित्साधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिए जिलाधिकारी ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वालों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोविड नाइन्टीन की जांच कराएं उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जांच नहीं कराता और बाद में कोविड से पीड़ित पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी बलिया जिले में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विकास भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है इसका नंबर है शून्य पांच चार नौ आठ दो दो शून्य आठ दो सात लोग किसी भी समय इस नंबर पर फोन करके कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

ऐसी मान्यता है कि रंगभरी एकादशी के दिन ही हनुमान जी पर कई रंगों की मालाएं और हरे रंग का तुलसी दल चढ़ाया जाता है